मुख्यमंत्री ने पार्टी पदाधिकारियों को अपने क्षेत्रों के पंचायती राज संस्थानों के प्रतिनिधियों के साथ समन्वय बनाकर कार्य करने को कहा ताकि बाहर से आने वाले व्यक्तियों को क्वारन्टीन में रखने के लिए उचित प्रबन्ध किए जा सकें जयराम ठाक्र ने कार्यकर्ताओं से संबंधित क्षेत्रों में लोगों को सामाजिक दूरी बनाए रखने और आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करने के लिए प्रेरित करने को भी कहा

बिंदल इस्तीफा डाक्टर राजीव बिंदल द्वारा प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पद से दिए गए त्याग पत्र को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड़डा ने स्वीकर कर लिया है उन्होंने भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे स्वास्थ्य विभाग के निदेशक की कथित वायरल ऑडियो सीडी के बाद विपक्ष की ओर से भाजपा पर लगाए गए आरोपों के चलते नैतिकता के आधार पर कल अपना त्याग पत्र राष्ट्रीय अध्यक्ष को भेजा था ट्टयूशन फीस उच्च शिक्षा निदेशालय ने निजी स्कूलों को अभिभावकों से केवल ट्यूशन फीस ही लेने के निर्देश दिए हैं विभाग के निदेशक अमरजीत कुमार शर्मा द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक अभिभावकों को तीन माह के स्थान पर एक एक माह की ट्यूशन फीस ही देनी होगी ट्यूशन फीस में अन्य कोई भी फंड निजी स्कूल शामिल नहीं कर सकेंगे और स्कूल बंद रहने तक सिर्फ ट्यूशन फीस लेने संबंधी सरकार का फैसला लागू रहेगा इसके अलावा निजी स्कूलों को अपने स्टॉफ को प्ररा वेतन देने और छंटनी न करने के भी आदेश दिए गए हैं

इनमें अधिकांश संक्रमित व्यक्ति दूसरे राज्यों से हिमाचल वापिस आए हैं

एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर आज सभी समाचार पत्रों ने प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल के इस्तीफे और मंत्रिमंडल के निर्णयों संबंधी खबर को प्रमुखता दी है अमर उजाला की सुर्खी है स्वास्थ्य निदेशक के वायरल ऑडियो मामले में बिंदल का इस्तीफा हाईकमान ने किया मंजूर दैनिक भास्कर का शीर्षक है प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बिंदल का इस्तीफा बोले घोटाले की निष्पक्ष जांच की जाए दिव्य हिमाचल और पंजाब केसरी के एक जैसे शब्द हैं डा राजीव बिंदल का इस्तीफा मंजूर जांच प्रभावित न हो इसलिए नैतिक आधार पर भेजा इस्तीफा आपका फैसला लिखता है बीजेपी अध्यक्ष पद से बिंदल का इस्तीफा नड़डा ने किया मंजूर हिमाचल दस्तक का शीर्षक है स्वास्थ्य विभाग के घोटाले में भाजपा अध्यक्ष की कर्सी गई मंत्रिमंडल के फैसलों पर अमर उजाला लिखता है बसों के साथ एक जून से एक दूसरे जिले में जा सकेंगी टैक्सियां व निजी वाहन दिव्य हिमाचल के अनुसार अब पहली जून से चलेंगी टैक्सियां हिमाचल कैबिनेट ने पलटा अपना ही फैसला

आपका फैसला का कहना है पब्लिक ट्रांसपोर्ट के साथ एक जून को दौड़ेंगी टैक्सियां

प्रदेश के निजी स्कूलों में अभिभावकों को हर माह देनी होगी सिर्फ ट्यूशन फीस गाईड लाईन जारी अमर उजाला की एक खबर है